भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की विज्ञप्ति में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद यह काम करना शुरु कर देगा इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सिवन ने बताया कि उच्च शक्ति के इस संचार उपग्रह र्से डीटीएच टेलीविजन के लिए ट्रांसपॉन्डर क्षमता मिलेगी और एटीएम शेयर बाजार ई प्रशासन और दूरसंचार से जुड़ी अन्य सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी

इस दौरान जिलों के प्रभारी मंत्री भी अपने संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले ऋण माफी शिविरो में उपस्थित रहेंगे

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समिति की बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं

एनएचएम मिशन निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वाईन फ्लू की प्रभावी रोकथाम के लिये यह निर्णय लिया गया

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की रोजगारोन्मुखी शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ी पहल है

यूनिसेफ के सहयोग से तैयार यह पोर्टल पूरे देश में राजस्थान में ही सबसे पहले तैयार किया गया है शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी कैरियर काउंसलिंग सेल गठित किए जाने की घोषणा भी की

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्राचीन रघुनाथ जी मंदिर से रघुनाथ जी महाराज की शोभायात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी

आरोंपी पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है